कांग्रेस अध्यक्ष राहुल के छह जून को मंदसौर दौरे को लेकर प्रशासन सतर्क

मौसम केंद्र भोपाल ने राज्य के कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई सीएम पर्यावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस पर नागरिकों से प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिये संकल्पित होकर कार्य करने का आव्हान किया है श्री चौहान ने कहा कि पर्यावरण के लिये प्लास्टिक सर्वाधिक हानिकारक पदार्थ है धरती पर प्लास्टिक कचरे की मोटी होती परत मनुष्यों पशुओं जीव जन्तुओं पेड़ पौधों हवा पानी सबके लिये खतरा बन गई है राज्य शासन प्लास्टिक के खतरों से निपटने के लिये प्रतिबद्ध है प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन भंडारण परिवहन विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है इसके लिये प्रत्येक नागरिक को जागरुक होने की जरूरत है उन्होंने नागरिकों का आव्हान किया है कि वे प्रदेश को प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त बनाने में भरपूर योगदान दें सरकार के प्रयासों में सहयोग प्रदान करें

प्रदेश पुलिस मुख्यालय के साथ ही जिला स्तर पर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है हालांकि राज्य के मालवा और निमाड़ अंचल में विशेष ऐहतियात बरती जा रही है इन्दौर मंदसौर नीमच रतलाम खरगौन और आसपास के जिलों से अभी तक किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह और प्रदेश पुलिस मुख्यालय स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है जिला पुलिस से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी पुलिस मुख्यालय लगातार दे रहा है डेढ़ दर्जन संवेदनशील जिलों में ऐहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल भी दिया गया है मंदसौर जिले के पिपल्यामंडी में पिछले साल जून माह के पहले सप्ताह में पुलिस की गोली से मारे गए छह किसानों की पहली बरसी के मौके पर कांग्रेस ने छह जून को पिपल्यामंडी में श्रद्वांजलि सभा रखी है

श्री गांधी इन्हीं किसानों के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने और किसान सम्मान सभा को सम्बोधित करने आ रहे हैं उन्होंने कल ट्वीट कर इस बारे में जानकारी भी दी पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि श्री गांधी के दौरे के मद्देनजर सभी तैयारियां कर ली गई हैं कानून व्यवस्था बनाये रखने पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किए गए है

हवाई पट्टी से सभा स्थल तक ड्रोन कैमरों से भी लगातार नजर रखी जाएगी राज्यपाल सम्मेलन राष्ट्रतपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि राज्यपाल उन लोगों के कल्याण में महत्वंपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जिन्हें विकास योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाया है

उन्होंने कहा कि देश में अनुसूचित जनजातियों के लगभग दस करोड़ लोग हैं इनमें से अधिकांश व्यक्ति संविधान की पांचवीं और छठी सूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में रहते हैं श्री कोविंद ने कहा कि राज्यपाल राज्य सरकारों के संरक्षक और पथ प्रदर्शक होते हैं और वे संघीय ढांचे में महत्वपूर्ण सम्पर्क सूत्र की भूमिका निभाते हैं राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान के अनुसार शासन चलाने में राज्यपालों का विशेष स्थान है श्री कोविंद ने कहा कि देश में उन्हत्तर प्रतिशत विश्वविद्यालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और राज्यपाल ही ज्यादातर विश्व विद्यालयों के कुलाधिपति हैं उन्होंने कहा कि राज्यों के विश्वविद्यालयों में छात्रों के दाखिले और अध्यापकों की नियुक्ति पारदर्शी ढंग से समय पर करने को सुनिश्चित बनाने में राज्यपाल मदद कर सकते हैं

देश में ई नाम पोर्टल की शुरूआत भोपाल की पण्डित लक्ष्मीनारायण शर्मा कृषि उपज मण्डी करोंद से की गई

मेधावी योजना संशोधन राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों के हित में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन किया गया है

सूत्रों के अनुसार मंडी समिति के उड़न दस्ते को सूचना मिली थी कि दो ट्रकों में करीब पांच सौ क्विंटल सरसों मंडी टेक्स की चोरी कर सीमा से बाहर ले जाई जा रही है उड़न दस्ते की टीम ने उन्हें पकड़ा और जुर्माना किया है कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारी मंडी टेक्स चोरी के अन्य मामलों की भी जांच कर रहे हैं

इन आंदोलन कर्ताओं की मांग है कि शिवपुरी में सिंध जल आवर्धन योजना का जल्द से जल्द क्रियान्वन हो और घर घर तक पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाए

वहीं श्यौपुर कला में लू का प्रभाव बना रहा

मौसम केन्द्र भोपाल ने रीवासागर जबलपुर शहडोल संभागों के जिलों और बैतूल होशंगाबाद सीहोर बुरहानपुर खरगोन बडवानी इंदौर झाबुआ अशोकनगर दतिया देवास और भिण्ड जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की सम्भावना जताई है

बैठक में इस दिन विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन स्कूल चलें अभियान के प्रचार प्रसार के लिये किया जायेगा